नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधार किये जाऐंगे इसका उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केन्द्र बनाना है वही एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री विश्व्विद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे प्रहलाद पटेल संसद केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि आगामी संसद सत्र में सांसदों को अपनी और परिवार की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही संसद में प्रवेश मिल सकेगा दमोह में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संसद के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी रिपोर्ट पेश करना होगी देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजो की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री पटेल का मानना है कि दुविधा के कारण लोग अपना कोरोना टेस्ट नही करा रहा है जिससे उन्हें मुक्त होना चाहिये उन्होंने कहा कि दमोह को भी सौ फीसदी सेनेटाइज्ड करने की भी मुहिम भी शुरू होगी इसके लिये स्वयंसेवक कार्य करेगें

योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है

बेवकॉस्ट के माध्यम से भी इसका प्रसारण होगा और फेसबुक ट्विटर जैसे माध्यम से भी इसे दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी स्वनिधि योजना पर मध्यप्रदेश की प्रगति पर आधारित लघु फिल्म भी देखेंगे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

सहकारिता मंत्री सहकारिता विभाग कार्यप्रणाली में तकनीकी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये विभाग की गतिविधियों और योजनाओं का मैदानी स्तर पर प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा सहकारिता मंत्री डाक्टर अरविन्द सिंह भदौरिया ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सहकारी संस्थाओं में गबन और घोटाले सामने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्यवाही की जावे आवास गहमंत्री डाक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश के हर गरीब को मकान उपलब्ध कराया जाएगा कल दतिया जिले की नगरपंचायत बडौनी में उन्होंने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किस्त के पच्चीस लाख रूपये के चेक वितरित किये

इसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त किये